तीस मई को लेंगें प्रधानमंत्री पद की शपथ

राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की करेंगे पेशकश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीघ्र करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार

भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक होगी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तीन सौ तीन सीटें जीती है जबकि भाजपा समेत एनडीए के अन्य घटक दलों ने तीन सौ पचास से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से आज संसदीय दल का नेता चुना जायेगा इस मौके पर राजग के सभी उनतालीस दलों के सदस्य और नेता संसद के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे इन सभी दलों की ओर से भाजपा को समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी जायेगी इस महीने की तीस तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे इनके साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज निर्वाचन आयोग की बैठक हो सकती है यह सूची राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी जाएगी आयोग के सूत्रों ने बताया कि सूची तैयार करने के बाद आयोग के तीनों निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति से मिलने का समय दिए जाने का अनुरोध करेंगे लोकसभा की पांच सौ तैतालीस सीटों में से पांच सौ बयालीस सीटों पर चुनाव कराए गए तमिलनाडु की वेल्लौर सीट पर धन बल के अत्याधिक इस्तेमाल के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया था इस सीट पर चुनाव की नई तिथि की अभी घोषणा की जानी है राष्ट्रपति को सूची सौंपी जाने के साथ ही सत्रहवीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने और नये भारत के निर्माण के लिए पहले से अधिक कृत संकल्प है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल का सूर्य अस्त हो रहा है लेकिन उनके कार्यों से जो चमक आई है वो करोड़ों लोगों के जीवन को उजाला करती रहेगी उन्होंने कहा कि एक नई सुबह इंतजार कर रही है और एक नया कार्यकाल शुरू होने जा रहा है कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई है सूत्रों ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता लोकसभा चूनावों में पार्टी की हार के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बैठक में भाग लेने की संभावना है नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से कांग्रेस को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में केवल बावन सीटें हासिल हुईं वहीं दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव ने अठाईस और उनतीस मई को पटना में एक बैठक का आयोजन किया है जिसमें वे लोकसभा में हुयी अपनी पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का शीघ्रही विस्तार करेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये संकेत दिये श्री सिंह ने बताया कि तीन मंत्रियों के सांसद बनने के बाद रिक्त पदों को भरा जायेगा गौरतलब है कि मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह दिनेशचंद्र यादव और पशुपति कुमार पारस लोकसभा चुनाव जीत गये हैं मौजूदा बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अठाईस सदस्य हैं इनमें से तीन के इस्तीफे के बाद यह संख्या पच्चीस बची है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री समेत छत्तीस मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं नये प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यबल का कार्यकाल इकतीस जुलाई तक दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है नया कानून वर्तमान आयकर अधिनियम का स्थान लेगा कार्यबल को इकतीस मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया था आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने प्रत्यक्ष कर कार्यबल के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है लोकसभा चुनाव में पटना जिले में बनाये गये विशेष मतदान केंद्रों में बेहतर व्यवस्था वाले केंद्रों को पुरस्कृत किया जायेगा जिला प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मतदान में लगे कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है राज्य में एक जून के बाद वाहन खरीदते समय हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट उपलब्ध कराया जायेगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के शो रूम से नई गाड़िया नहीं निकलेगी उन्होंने कहा कि बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के वाहन बेचा गया तो डीलर पर कार्रवाई की जायेगी और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जायेगा पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस कल मूरी तक ही जायेगी पूर्व मध्य रेल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्माण कार्य के कारण हटिया मूरी रेलखंड के सिल्ली और मूरी स्टेशनों के बीच साढ़े छह घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा ग्राहकों की शिकायतों को समझने और सेवाओं के विस्तार के लिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अठाईस मई को राष्ट्रव्यापी ग्राहक बैठक का आयोजन करेगा इस पहल के तहत एसबीआई अपने सत्रह स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से पांच सौ से अधिक स्थानों पर एक लाख से अधिक ग्राहकों के साथ जुड़ेगा ऑल इंडिया इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की मेडिकल की प्रवेश परीक्षा आज और रविवार को होगी इस परीक्षा में देशभर से तीन लाख जबकि बिहार से लगभग उन्नीस हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे पटना के अलावा मुजफ्फरपुर पूर्णिया दरभंगा भागलपुर और आरा में भी परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं इस बार देशभर के पंद्रह एम्स में दाखिले के लिये प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड के कोयली सिमरा पंचायत के पश्चिम डुमरी बाजार में भीषण आग लग गई आग लगने से लगभग पंद्रह दुकानें जलकर राख हो गई इस अगलगी में पैंतीस से चालीस लाख की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है इन अपराधियों के पास से विभिन्न बैंक के छब्बीस एटीएम कार्ड दस मोबाइल फोन एक लाख पचहत्तर हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान मिले हैं मुजफ्फरपूर जिले के मीनापूर थाना अंतर्गत खरिका पटेल चौक पर भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये राजधानी पटना सहित कई क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुये हैं तापमान में गिरावट होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है राज्य के पूर्वी इलाकों से पश्चिम बंगाल से होकर टर्फ लाइन गुजर रही है जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है पिछले चौबीस घंटें में किशनगंज फारबिसगंज और बहादुरगंज में हल्की बारिश हुयी है मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है जिससे गोपालगंज छपरा और सीवान में बारिश की संभावना है पटना में आज से बिहार राज्य महिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों के महिला शतरंज खिलाड़ी भाग लेंगी बिहार राज्य शतरंज संघ के सूत्रों ने बताया कि प्रतियोगिता के आधार पर चयनित चार खिलाड़ी राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी मणिप्र में पांच से नौ जून तक आयोजित होने वाली पैंसठवीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटनशिप में भाग लेनी वाली बिहार जूनियर बॉल बैडमिंटन टीम का प्रशिक्षण शिविर नवगछिया में शुरू हो गया है प्रशिक्षण शिविर में प्रदर्शन के आधार पर बालक और बालिका टीम का चयन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री पद की शपथ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण लिखता है तीस मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन की तैयारी हिन्दुस्तान की सुर्खी है लोकसभा चुनाव में विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उनसे आर्शीवाद लिया दैनिक भास्कर का शीर्षक है कैबिनेट ने सोलहवीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी एनडीए सांसदों की बैठक आज मोदी चुने जायेंगे नेता तीस मई को ले सकते हैं शपथ प्रभात खबर ने लिखा है तीस को नई सरकार का होगा गठन इस बार केंद्र में बिहार से होंगे कम से कम दस मंत्री आज अखबार का शीर्षक है राहुल ने आज बुलाई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक वहीं राष्ट्रीय सहारा लिखता है सी डब्ल्यू सी की बैठक आज राहुल दे सकते हैं इस्तीफा और अब अंत में मुख्य समाचार एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की आज होगी बैठक

तीस मई को लेंगें प्रधानमंत्री पद की शपथ

राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की करेंगे पेशकश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीघ्र करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार